मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिशाहीन बताते हुए उसके ऊपर विकास में बाधा डालने दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता को देने के लिये सिवाय बरगलाने के कुछ भी नहीं है

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह माहौल को खराब करने के लिये किसी भी हद तक जा सकता है और हाल की घटनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व केन्द्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा कर विपक्ष की हकीकत सामने लाये उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें लोगों के हित में ऐतिहासिक काम कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि भारतीय प्राकृतिक खेती ही जीरो बजट की खेती है

मुख्यमंत्री ने लोगों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूक करने के भी निर्देश दिये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने मे गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी ह

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनाना चाहते हैं और देशवासी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं

प्ररी मास्क लगाना होगा और उसके साथ सुरक्षित दूरी मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है एक कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म एक मिनट की या आनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यांतर के पहले और मध्यांनतर के बाद ये दिखाना कम्पलसरी है दो शोज में स्टैडर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज हो के दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए

एक क्रास वेंटिलेशन होगा ये भी सुनिश्चित करना जरूरी हैं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

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये बचाव और उपचार कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाये

उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर नगर जनपदों पर गहन नजर रखी जाये और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के निर्देशानुसार इस अभियान में पीआईबी क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो आरओबी आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित अन्य इकाईयां इसमें सहभाग करेंगी आयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी पत्र सूचना कार्यालय को दी गई है अभियान के दौरान लोगों को मास्क लगाने सामाजिक दूरी का पालन करने साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करने संबंधी जानकारी दी जायेगी अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया जायेगा इस दौरान विभिन्न राजनेताओं गायकों चिकित्सकों सामाजिक प्रेरकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अपील जारी कराई जायेंगी जिससे लोगों पर जागरूकता का ज्यादा से ज्यादा असर पड़ सके

इस मंचन में देश विदेश के विभिन्न कलाकार भाग लेंगे आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामलीला स्थल लक्ष्मण किला मंदिर में भूमि पूजन सम्पन्न किया गया इस अवसर पर दिल्ली के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने बताया कि रामलीला मंचन के लिये विभिन्न कलाकार आने को स्वतः स्फूर्त है बाइट जाने माने ये जो सारे बालीवुड के कलाकार आ रहे है ऐसा नहीं है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी जैसे ही उनको पता लगा कि अयोध्या में रामलीला हो रही है उन्होंने तुरन्त स्वीकार किया अपनी डेट दी जो डेट हमने कहाउन्होंने उसी को स्वीकार किया तो ये हमने कहा कि प्रभू श्रीराम सारे हमारे कामों को बहुत सुगमता से सरलता से करते जा रहे हैं सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कांट्रैक्ट फार्मिंग का अहम रोल साबित हो रहा है इसके अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है बलरामपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट कांट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा किसानों ने खेती में एक नए अध्याय की शुरुआत की जिसमें फसल उगाने से पहले उन्हें मिलने वाले मूल्य की जानकारी होगी तथा क़षि के लिए सभी जरूरी सुविधाएं कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी

जिन्हें खेती के लिए आवश्यक जानकारी भी दी गई

विशेष बात यह है कि एग्रो कंपनी के अधिकारी खेतों का निरीक्षण कर किसानों को फसल सम्बंधित जानकारी देंगे वही खाद दवा बीज सब किसानों को दिया जाएगा जो फसल तैयार होने के बाद विक्रय मूल्य में समायोजित होगाकिसान भी इसके प्रति उत्साहित देखे जा रहे हैं रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया यह हादसा दो बाईक तथा एक कार की आपसी टक्कर लगने से हुआ दुर्घटना का कारण वाहनों की तेज गति बताया जा रहा है